पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना

तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिये चूनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख नौ हजार छह रोगी हो चुके हैं स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में दो करोड़ छियासी लाख ग्यारह हजार एक सौ चौंसठ मतदाता एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार चौंतीस पुरूष और एक करोड़ पैंतीस लाख सोलह हजार दो सौ इकहत्तर महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या नौ सौ अस्सी है अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को बीस हजार दो सौ चालीस पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराये गये हैं प्रत्याशियों में एक हजार तीन सौ सोलह पुरूष और एक सौ छियालीस महिलाएं हैं तेईस विधानसभा क्षेत्रों में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है वहीं इस चरण में लोजपा के टिकट पर हथुआ से एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दूसरे चरण में पांच सौ तेरह निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं मतदान के लिये इकतालीस हजार तीन सौ बासठ पोलिंग बूथ बनाये गये हैं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा की द्रष्टि से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है श्री सिंह ने बताया कि नदी और दियारा इलाके में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से भी पेट्रोलिंग की जायेगी पूरे मतदान प्रक्रिया की हेलीकाप्टर के माध्यम से निगरानी होगी उन्होंने बताया कि तीन हजार पांच सौ अड़तालीस चिन्हित मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी श्री सिंह ने बताया कि एक हजार छह सौ चौरानवे ब्रथ संवेदनशील हैं मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा वहीं पोलिंग ब्रथों पर पेयजल शेड और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार पटना के ब्रज़ुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए ऑन डिमांड टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी उबर के माध्यम से निःशूल्क परिवहन सेवा उपलब्ध करायी जायेगी इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर क्रपन कोड प्राप्त करना होगा उन्होंने बताया कि इस सेवा का उपयोग करने के दौरान एक सौ बीस रूपये तक का बिल मुफ्त होगा इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदानकर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर भेजने का काम शुरू हो गया है कोरोना के बीच देश का सबसे पहला बड़ा चुनाव बिहार में हो रहा है इसे देखते हुये चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदाताओं के लिये ब्रथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा पोलिंग ब्रथों पर प्रवेश से पूर्व मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी जिन लोगों का तापमान तय मानक से अधिक होगा उनका आधे घंटे बाद दोबारा तापमान जांचा जायेगा शरीर का तापमान कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिये बुलाया जायेगा और उन्हें इसके लिये एक टोकन भी उपलब्ध कराया जायेगा सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने के लिये पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के कतारबद्ध होने के लिये गोल घेरे बनाये गये हैं मतदान केंद्रों के प्रवेश और निकास द्वार पर पानी साबुन और हैंड सेनिटाईजर की व्यवस्था होगी मतदाताओं को एक हाथ का ग्लव्स दिया जायेगा जिसे पहनकर वे ईवीएम का बटन दबायेंगे समय समय पर ब्रथों को सेनिटाइज किया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये स्वास्थ्य टीमों का भी गठन किया गया है इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक हजार पांच सौ के स्थान पर केवल एक हजार मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय क्रमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगा उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय अपराहन चार बजे तक निर्धारित है उन्होंने बताया कि क्शेश्वरस्थान गौड़ाबौराम मीनापुर पारू साहेबगंज राघोपुर अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में अपराहन चार बजे तक मतदान होगा चूनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर आईकार्ड में नाम पिता का नाम और पता में मामूली त्रुटि होने पर भी उसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा द्रसरे चरण के चूनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है यह नियंत्रण कक्ष कल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक काम करेगा लोग द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके साथ ही मतदाता एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच एक नौ पांच शून्य पर भी संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर के कॉल सेंटर के नम्बर एक नौ पांच शून्य से भी जानकारी ली जा सकती है कल होने वाले द्रसरे चरण के मतदान में महागठबंधन से सबसे अधिक राजद के छप्पन उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं वहीं कांग्रेस से चौबीस भाकपा माले के छह तथा भाकपा और माकपा के चार चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं एनडीए से भाजपा के पैंतालीस जदयू के तैंतालीस और विकासशील इंसान पार्टी के छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के बावन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के छत्तीस बहुजन समाज पार्टी के तैंतीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उनतीस उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं सबसे अधिक सत्ताईस प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम चार प्रत्याशी दरौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर राजद को तैंतीस जदयू को तीस भाजपा को बीस कांग्रेस को सात लोक जनशक्ति पार्टी को दो भाकपा माले को एक और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली थी दूसरे चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के सात मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा पटना साहिब से नंदकिशोर यादव मधुबन से राणा रणधीर नालंदा से श्रवण कुमार कल्याणपुर से महेश्वर हजारी मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा गौड़ाबौराम से मदन सहनी और हथ्रआ से राम सेवक सिंह च्रनावी मैदान में हैं वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में चन्द्रिका राय शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी राज राव पूर्व सांसद लवली आनंद काली पांडेय नितिन नवीन अरूण कुमार सिन्हा और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी चुनावी मैदान में है तीसरे और अंतिम चरण के लिए चूनाव प्रचार तेज हो गया है इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल फारबिसगंज और सहरसा में जन सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी दी वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल किशनगंज और कटिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सीतामढ़ी और दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पताही सुगौली बथनाहा और मधुबनी में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का वाल्मीकिनगर रक्सौल और सीतामढ़ी में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपूरा और सुपौल जिले में पांच चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्यारह विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच चार प्रतिशत अधिक है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय सात हजार चार सौ सैंतीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है कल एक हजार एक सौ चौरानवे लोग संक्रमण मुक्त हुए जबकि सात सौ सतहत्तर लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई राज्य में अब तक दो लाख नौ हजार छह लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं चुनाव आयोग ने भागलपुर जिले के बिहपुर में पुलिस की कथित पिटाई से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले की जांच का निर्देश दिया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी इस मामले की जांच करेंगी प्रमंडलीय आयुक्त को एक सप्ताह के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है मुंगेर में दूर्गा प्रतिमा विर्सजन के दौरान एक युवक की कथित तौर पर पुलिस की गोली से हुई मौत के मामले में मृतक के पिता के आवेदन पर कोतवाली थाना में पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और दोनों ही प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी गयी है सात निश्चय योजना में काम के बिना सरकारी राशि निकालने के आरोप में बक्सर जिले के चौगाईं प्रखंड के तत्कालीन पंचायत सचिव रामदेव सिंह और कनीय अभियंता ओम प्रकाश गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पश्चिम चम्पारण जिले के मानपुर थाना क्षेत्र से एसएसबी ने सात किलो चरस के साथ दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है एसएसबी के कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि बरामद चरस का बाजार मूल्य एक करोड़ सतहत्तर लाख रूपये से अधिक है

पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना

तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिये चूनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख नौ हजार छह रोगी हो चुके हैं स्वस्थ